राज्यपाल के पुलिस विभाग को निर्देश नशा माफिया के खिलाफ उठाएं कड़े कदम

शिमला में हुई टी ट्वेंटी किकेट प्रतियोगिता प्रेस एकादश ने जीती मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए जनजातीय ज़िलों को पूरी तरह मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दिया है सोलन के शिल्ली स्थित हिमगिरी कल्याण आश्रम के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए एकजूट होकर कार्य करने की आवश्यकता है अनुराग ठाकुर ने कहा कि देशभर में कई संस्थाएं जनहित में बेहतर कार्य कर रही हैं और प्रदेश में हिमगिरी आश्रम ऐसी संस्थाओं में से एक है धर्मशाला में हुई इन्वैस्टर्स मीट पर उन्होंने कहा कि ये आयोजन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाए निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए समारोह में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमगिरी कल्याण आश्रम जनजातीय व अति पिछड़े क्षेत्रों के लोगों का भविष्य संवारने के लिए प्रयत्नशील है मीडिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में कल देर शाम शिमला में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को हमेशा पत्रकारिता के उच्च स्तर को बनाए रखते हुए दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है और इसे राजनीतिक लोकतंत्र का सजग प्रहरी भी माना गया है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने योग को प्रकृति से जुड़ने का सुरक्षित माध्यम बताया है पालमप्र में आज भारत योग पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि योग को दैनिक जीवन में अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम सभी समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें

राज्यपाल ने योग व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत भी किया

प्रदर्शनी केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत ब्यूरो आउटरीच एंड कम्युनिकेशन द्वारा कुल्लू के ढालपुर मैदान में लगाई गई प्रदर्शनी सभी के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है श्री गुरू नानक देव जी के जीवन पर आधारित इस प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय लोग व पर्यटक उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर रहे हैं

समापन समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रकाश पर्व हम सभी को जीवन के अंधकार को समाप्त करने के लिए सदमार्ग पर चलने का संदेश देता है श्रद्वांजलि महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी पुण्य तिथि पर आज श्रद्दासुमन अर्पित किए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला में लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान मार्गदर्शक थे जिन्होंने उस समय के युवाओं को प्रेरित किया और उनमें देशभक्ति की भावना जागृत की पुलिस मीट राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस विभाग से नशा माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कहा है धर्मशाला में आज पुलिस मीट के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि नशे से न केवल व्यक्तिगत जीवन नष्ट होता है बल्कि पूरा परिवार बिखर जाता है उन्होंने इस प्रतियोगिता की पहल के लिए पुलिस प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन मानसिक तनाव और शारीरिक दबाव कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं राज्यपाल ने कहा कि खेल न केवल मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि इससे प्रतियोगिता अभ्यास आत्म विश्वास और सहयोग की भावना भी जागृत होती है

क्षेत्र के रतनाड़ी में आज एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि शिमला के नारकण्डा से हाटू मंदिर तक रोपवे की स्वीकृति मिल चुकी है और इसके बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

ये सभी लोग चम्बा से कल्लू जा रहे थे और पंडोह बांध के समीप अनियंत्रित होकर कार नदी में जा गिरी तीनों मृतक खजियार क्षेत्र के अलग अलग गांवों से संबंधित थे घायल लोगों का मण्डी अस्पताल में उपचार चल रहा है पैराग्लाइडिंग वन व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य में खेलों के विकास कार्यों में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी वे आज बिलासपुर ज़िले के बंदला धार में प्रथम इंडियन एको एण्ड एकुरेसी प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे गोविंद ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर की गोविंद सागर झील और कोल डैम में वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं क्रिकेट राजधानी शिमला के बीसीएस मैदान में आयोजित टी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता प्रेस एकादश ने जीत ली है

उन्होंने कहा कि अनुशासन संकल्प और टीम भावना में खेल अहम भूमिका निभाते हैं उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन को महत्व देने के उददेश्य से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिट इंडिया हिट इंडिया अभियान का शुभारम्भ किया है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशा निवारण की शपथ भी दिलाई